परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाकर बाइक सवारों का बनाया जायेगा ड्राइविंग लाइसेंस अप्रैल से होगी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान दिन के अधिकतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का जताया पूर्वानुमान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

श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ खेलने का अन्रोध किया

राज्य के सभी अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाकर बाइक सवारों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा अप्रैल माह से इसकी शुरूआत होगी इस सिलसिले में परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों और मोटरयान निरीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं परिवहन सचिव के रविक्मार ने बताया कि बाइक चलाने का प्रशिक्षण मोबाइल एप्प के द्वारा दिया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रखंडों में सेटअप तैयार किए जाएंगे और इकतीस जून तक वाहन चालकों के टेस्ट लिए जाएंगे इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालक के दिए गए घर के पते पर भेजा जाएगा

इन्हें मिलाकर अब तक एक करोड़ दस लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं

पहले चरण का टीका लगवाने वालों में एक लाख इक्यावन हजार दो सौ सत्तासी हेत्थ वर्कर्स और एक लाख बावन हजार नौ सौ सात फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वहीं कल चार सौ छियत्तर हेल्थवर्कर्स और तीन हजार एक सौ चौंतीस फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका दिया गया जबकि दूसरे चरण का टीका लेने वाले कुल चार हजार दो सौ दो हेल्थवर्कर्स हैं धनबाद जिले में तीसरे चरण की कोरोना टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है

इस सिलसिले में श्रम नियोजन और कौशल विकास विभाग की कार्यशाला में सचिव प्रवीण कुमार ने बताया कि सरकार ने कौशल विकास केंद्रों को खोलने की अनुमति दे दी है

इसके तहत साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश केंद्र संचालकों को दिया गया है

मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद निगरानी नियंत्रण और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा झारखंड समेत पूरे देश में आज संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि संत रविदास ने कई शताब्दी पूर्व समानता सद्भावना और करुणा का संदेश दिया था जो सदियों तक देशवासियों को अनुप्राणित करता रहेगा उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने अपने संदेश में कहा है कि रविदास जी विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे और उन्होंने अपने लेखन और शिक्षा में एकता का संदेश प्रमुखता से दिया था मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि संत रविदास के विचार आज भी समाज को जागरूक करने का काम करते हैं हम सभी समाज में फैली कुरीतियों व अशिक्षा को दूर करने का संकल्प लें रांची हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन आज सिर्फ टाटानगर तक होगा संतरागाछी और संक्रैल स्टेशन के बीच नई रेललाइन में होनवाले कार्य को लेकर टाटानगर से हावड़ा के बीच ट्रेन का परिचालन स्थगित रहेगा वहीं राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस आज और कल और आसनसोल रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर एक मार्च को स्थगित रहेगी प्रवर्तन निदेशालय ने मगध आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय को विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है इसमें टीपीसी के उग्रवादियों पर लगभग चार करोड़ बिरान्बे लाख रुपए की मनी लाउंड्रिंग का आरोप है उग्रवादियों ने कोयला कारोबारियों ट्रांसपोटर्स आउटसोर्सिंग कंपनियों और संवेदकों से यह राशि वसूली है उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को टेरर फंडिंग मामले की जांच करने का आदेश दिया था राजधानी रांची में बंधक बनाई गई बीस युवतियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है ये सभी युवतियां बोकारो और रामगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों की रहने वाली है इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है इन सभी युवतियों को एक कंपनी द्वारा नौकरी का झांसा देकर बंधक बना लिया गया था कंपनी ने इन य्वतियों से परिचय पत्र बनाने के नाम पर पांच पांच हजार रुपए भी लिए थे लेकिन फिर भी इन्हें कोई काम नहीं दिया गया बरामद युवतियों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान दिन के अधिकतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया है इस दौरान राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान उनचालीस डिग्री तक पहुंच सकता है विभाग की ओर से बताया गया कि न्यूनतम तापमान भी तीन डिग्री तक बढ़ सकता है उधर जमशेदपुर में अधिकतम तापमान सैंतीस डिग्री पलामू में पैंतीस दशमलव छह डिग्री और रांची में बत्तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया राजधानी रांची में स्थित रिम्स के छब्बीस विभागों में सीनियर चिकित्सक के उनचालीस पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन सत्ताईस मार्च तक जमा कर सकते हैं हजारीबाग जिले में केरोसिन विस्फोट में मारे गए चार लोगों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन कोष से चार चार लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई वहीं घायलों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाएगा पलामू जिले में स्थित बेतला नेशनल पार्क एक मार्च से सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा

गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र स्थित बुरूहातू आमटोली में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या मामले में आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इनसे हत्या के बाबत पूछताछ की जा रही है